हालांकि बिना फास्टैग वाहनों की सहूलियत के लिए कम से कम एक चौथाई लेन को एक महीने तक हाईब्रिड लेन में बदलने की व्यवस्था की है इस व्यवस्था में इलैक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के अलावा कैश भुगतान भी स्वीकार्य होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से रैडक्रॉस गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने और इसके लिए उदारतापूर्वक योगदान देने का आह्वान किया है बिलासपुर में कल ज़िला स्तरीय रैडक्रॉस मेले के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि रैडक्रॉस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्वभर में जाना जाता है और इसके माध्यम से असहाय लोगों की सहायता की जाती है राज्यपाल ने विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रर्दशनी का उद्घाटन भी किया बाद में बंडारू दत्तात्रेय ने पशु ट्रामा केन्द्र का दौरा भी किया और प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से गौ संरक्षण के लिए आगे आने का आग्रह किया

कल विधानसभा परिसर में उतरी क्षेत्र के अधिकारियों के साथ जीएसटी संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामलें में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर उनके पंजीकरण को रद्द किया जाए और रिटर्न की जांच करते हुए विशेष सावधानी बरती जाए इस बैठक में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और प्रधान सचिव संजय कुंडू भी उपस्थित रहे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की बीहडू लठियाणी सड़क क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगी

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है जबकि प्रदेश के जनजातीय जिलों सहित कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हुए है हालांकि पिछले दिनों हुए हिमपात से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हुआ है जनजातीय जिलों सहित कई क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हुए है जिन्हें बहाल करने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं वहीं बिजली व पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है मौसम विभाग ने आज व कल किन्नौर कुल्लू लाहौल स्पिति व चम्बा के तीसा पांगी और भरमौर सहित उपरी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है

शिक्षा मंत्री के हवाले से अमर उजाला की सुर्खी है एसएमसी शिक्षक नहीं हटाएगी सरकार

हिमाचल दस्तक ने लिखा है जयराम ने सिर्फ दो दिन लॉन से चलाई सरकार

पंजाब केसरी के शब्द हैं आफ्त की बर्फबारी थमी वाहनों की रफतार कई घरों में अंधेरा

दैनिक जागरण का शीर्षक है चार जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी

आपका फैसला के मुताबिक दिन में धूप चमकी चोटियों पर शाम को फिर बर्फबारी अमर उजाला की एक ख़बर है पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ